कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्म्भ मेले में स्वास्थ्य स्विधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है उत्तर प्रदेश से डाक्टर नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण पर भी खास ध्यान दिया गया है भीड़ नियंत्रण और स्रक्षा के लिए प्लिस सर्विलांस सिस्टम की व्यवस्था की गयी है

उन्होंने कहा कि साध् संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाकचौबंद की गई है बसों की संख्या बढ़ाई गई है

इस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का अयोजन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं को सरल सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जबावदेही तय की जायेगी प्रदेश में वनाग्नि प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग द्वारा जिलास्तरीय फायर प्लान तैयार कर लिया गया है

बिशन सिंह चुफाल प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह च्फाल ने कहा है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की समस्या से ज्झने वाले गांवों में टैंकरों से पानी दिया जाएगा नई टिहरी पहंचे पेयजल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जहां यातायात के लिए सड़क की सुविधा नहीं है वहां घोड़े खच्चरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा पेयजल मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश न होने से सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार पेयजल संकट से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है उन्होंने कहा कि नई टिहरी के पेयजल उपभोक्ताओं के पानी के बिल माफ करने के लिए समिति बनाई गई है इसकी रिपोर्ट आने पर निर्णय लिया जाएगा उन्होंने पेयजल स्रोतों के रखरखाव और उन्हें प्नर्जीवित करने के लिए स्रोतों पर चौड़ी पत्तीदार वृक्ष लगाने को कहा

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए म्ख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य स्विधाओं को बेहतर बनाने के लिए द्रस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किये जाय साथ ही स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के लिए शीघ्र अधियाचन भेजे जाय

उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक आय्ष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड जल्द बनाये जाय

अस्पतालों का भ्गतान एक सप्ताह के अन्दर किया जा रहा है झंडा मेला देहरादून में आज झंडेजी के आरोहण के साथ ही झंडा मेला शुरू हो गया है इस दौरान दरबार साहिब जाने वाले मार्गो पर यातायात प्रतिबंधित रहा कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और श्री झंडेजी मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला दो दिन तक ही सीमित रखना तय किया है रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा आज दोपहर में श्री दरबार साहिब के श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज की अग्रवाई में श्री झंडेजी का आरोहण किया गया इस दौरान पिछले सालों की अपेक्षा कम भीड़ दिखाई दी मेले में पंजाब हरियाणा उत्तरप्रदेश समेत अन्य राज्यों से श्रद्धाल् आए हैं

मुख्यमंत्री चौपाब म्ख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों से कहा है कि वे द्रस्थ क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करें किसी भी समस्या के समाधान में एक महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए

मुख्यमंत्री द्गड्डा के धोबीघाट स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में वर्च्अल तरीके से भाग ले रहे थे

रात्रि चौपाल में लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह दवारा मुख्यमंत्री को सब्जी उत्पादन और विक्रय में आ रही समस्याओं से अवगत कराया गया मुख्यमंत्री ने उदयान विभाग के अधिकारियों को कैम्प लगाकर काश्तकारों की समस्याओं का हल निकालने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों के लिए कई योजनायें चला रही है बीज और कृषि यन्त्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है और बिना ब्याज के ऋण मुहैया कराया जा रहा है टीकाकरण केंद्र देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हए केन्द्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं गढ़वाल मंडल आयक्त दौरा गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर महाकृंभ के लिए यात्री सुविधाओं और कोविड जांच की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

अगर कोई यात्री बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है तो उसकी कोविड जांच कराकर नेगेटिव होने पर ही मेला क्षेत्र में आने दिया जाए गढ़वाल आयुक्त ने नारसन बार्डर और रूड़की बस स्टेशन पहुंचकर समीपवर्ती राज्यों से हरिद्वार आने वालों की कोविड जांच और अन्य स्विधाओं का जायजा लिया

यातायात सचारु टिहरी जिले के तोता घाटी में ऑल वेदर रोड के निर्माण के तहत पहाड़ कटान का कार्य पूरा हो गया है

अब पौड़ी श्रीनगर रुद्रप्रयाग चमोली समेत अन्य क्षेत्रों से आने जाने वाले वाहनों को चंबा गडोलिया से नहीं आना पड़ेगा जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण के बाद इस मार्ग को यातायात के लिए खोला गया है

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज इस संबंध में आदेश जारी किये

ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ जिले के मोस्टामानो में प्रदेश के पहले ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कार्य जल्द श्रू हो जाएगा क्षेत्रीय विधायक चंद्रा पंत ने मुख्यमंत्री को ट्यूलिप गार्डन का आगणन भेजा था सरकार ने इसके लिए लगभग एक करोड़ उनासी लाख रुपये का बजट पास किया है